इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे

इस अवसर पर कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गंगाजल परियोजना के श्रू होने से यहां के लाखों परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा और यहां आने वाले पर्यटकों को भी यह आकर्षित करेगा उन्होंने कहा कि आगरा से लेकर मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है यहां का खारा पानी पीने के योग्य नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगा मिशन के तहत यमुना की सफाई और शहर के सीवर सिस्टम को आध्रनिक बनाने क लिये इन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है बाईट जिस यमुना जी की धारा ने यहां जीवन की संभावनाएं बनाई समय के साथ उसी जीवनदायिनी का जल इतना दूषित हो गया वह पीने लायक नहीं रहा यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई

प्रधानमंत्री ने आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र की भी आधारशिला रखो इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगरा देश के उन शहरों में हैं जहां स्मार्ट सुविधाएं शुरू हो रही है सीसी टीवी कैमरों से पूरे आगरा शहर की निगरानी की जायेगी इसके लिये मानिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है यह सुरक्षा की भी गारंटी देगा और शहर भर में सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देगा बाइट आगरा देश के उन शहरों में हैं जहां स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है इसी क्रम में आज आगरा के नये कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर का कार्य शुरू किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि तब तक कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता जब तक वह स्वस्थ नहीं होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आगरा के एस एन मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरावासियों की स्वच्छ जल की आपूर्ति की वर्षो से लम्बित मांग के आज पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सैकड़ों वर्षा की आगरा के निवासियों की जो एक अभिलाषा थी कि गंगागज की आपूर्ति इस ताज नगरी में हो अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से आज आगरावासियों को यह तोहफा प्रधानमंत्री जी दे रहे है

उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व मामले में सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एसएबोब्डे एनवी रमन्ना उदय यू ललित और डीवाईचंद्रचूड़ शामिल होंगे संविधान पीठ कल से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा डिजिटलीकरण के जरिये वित्तीय समावेश को व्यापक बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है एक बयान में आर बी आई ने कहा कि समिति भुगतान के डिजिटलीकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी और आर्थिक प्रणालो में किसी भी खामी को दूर करने का सुझाव देगी समिति को नब्बे दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है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

विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाय रखने के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि सीमा संबंधी अनसुलझ मुद्दे हिंसा तथा शत्रुता से मुक्त वातावरण में आपसी बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं नई दिल्ली में चौथे रायसीना संवाद में विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में भारत सक्रिय और रचनात्मक योगदान करता रहा है विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित था और आज कोई भी बड़ा या छोटा देश इसके खतरे से मुक्त नहीं है सीतापुर ऐशबाग रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो गया है केन्द्रीय रेल और संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने सीतापुर जंक्शन से छूटने वाली स्पेशल ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के साथ साथ रेल लाइनों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है

राज्यपाल ने कहा कि कुंभ का पर्व देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने कुंभ की भव्यता एवं आस्था के चलते इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संज्ञा दी है श्री नाईक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुंभ में आने के लिये विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों को भो आमंत्रित किया गया है कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जहां कुंभ एवं भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जायेगा वहीं कला एवं संगीत की भी मनमोहन प्रस्तुतियां होगी

सूत्रों ने बताया है कि एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जायेगा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज दोपहर नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया